हर्षवर्धन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने अमरीका के बोस्टन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हेल्थ एण्ड ह्य्मन डेवलपमेंट को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों ने जोखिमपूर्ण और प्रतिकृल स्थितियों के बावजूद बहादुरी के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होगी और अगले कुछ महीनों में संक्रमितों की संख्या कम हो जाएगी उन्होंने कहा कि भारत ने एंटीबायोटिक्स से लेकर आपात चिकित्सा सुविधा शल्य चिकित्सा टीकाकरण और वैक्सीन तक आध्रनिक चिकित्सा के सभी घटकों में पहले ही विशेषज्ञता हासिल कर ली है कोरोना प्रदेश में बीते चार दिनों से कोरोना के नये मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है

खंडवा में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कल जिला स्तरीय काइसेस मैनेजमेंट ग्रन की बैठक आयोजित की गई जिसमें मास्क ने पहनने वालों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये निवाड़ी में भी आयोजित जिला काइसेस मैनेजमेंट सभिति की बैठक में बाजार और विवाह समारोह सहित विभिन्न आयोजनों के लिए गाईडलाइन तय की गई जन आंदोलन विकम प्रस्कार से सम्मानित रेफरी और कोच संजय वशिष्ठ ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार के मेट्रोलॉजी विभाग से सतत् संपर्क में रहते हुए भूकंप की स्थिति में बरती जानी वाली सावधानियों की जानकारी प्राप्त कर आमजन को अवगत करवाया जाए ताकि आमजन में भय की भावना उत्पन्न न हो

श्री चौहान विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे इस वर्च्अल कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया और राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल सम्मिलित होंगे

उन्होंने बताया कि समूह के बैंक ऋण प्रकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत करने के साथ साथ सघन निगरानी और पारदर्शी प्रक्रिया बनाई गई है

आगरमालवा के सालरिया में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गाय के दूध गोबर एवं गौ मूत्र से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देकर उन्हें देश विदेश में लोकप्रिय किया जाएगा उन्होंने कहा कि गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जनपदवार नोडल अधिकारी नामांकित किए जाएंगे प्रहलाद पटेल केंद्रीय सँस्कृति एंव पर्यटन राज्य मन्त्री प्रह्लाद पटेल ने बताया है कि राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन से जुड़े जिन प्रस्तावों को भेजा जाता है उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर कार्य हो रहा है सागर जिले के रहली के प्रसिद्व धार्मिक स्थल रानगिर क्षेत्र में अन्नकूट उत्सव और दीवाली मिलन समारोह में हिस्सा लेने आये श्री पटेल ने कहा कि बुन्देलखण्ड में विश्व पर्यटन क्षेत्र खजुराहो को केंद्र बिंदु बनाया है

इस शिविर का आयोजन मध्य प्रदेश आर्म्ड स्क्वाड्रन नेहरू युवा केंद्र और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा किया गया था मौसम सर्दी उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं से प्रदेश फिर से तेज सर्दी पड़ने लगी है

डिण्डोरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बादल साफ होते ही जिले में तेज ठंड पड़ने लगी हैं

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ने की संभावना जताई है

जिसपर समय रहते काबू पा लिया गया

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार